ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव समपन्न हआ

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिलाओं को बधाई दी है सम्बोधन सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत की महिलाएं अब पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त हैं आज नई दिल्ली में एक आयोजन के दौरान श्रीमती ईरानी ने कहा कि अब महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सफाई और स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करने में अधिक सहज हैं केन्द्र जमीनी स्तर से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में लिंगानुपात सुधार के लिए सरकार द्वारा आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जच्चा बच्चा की प्रारम्भिक देखभाल की जिम्मेदारी आशा कार्यकत्रियों और एएनएम की होती है साथ ही जन स्वास्थ्य में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने सभी एएनएम को कम्प्यूटर टैबलेट देने की घोषणा की

स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देते हए श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अन्त तक राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी

उन्होंने लिंगानुपात को और बेहतर करने के लिए व्यापक स्तर पर जने जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया आकाशवाणी समाचार के लिए देहरादून से संजीव सुन्द्रियाल महिला सशक्तिकरण राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल ने कहा है कि शिक्षित महिलाएं ही समाज और देश को आगे ले जा सकती हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षित किया जाना आवश्यक है राज्यपाल उत्तरांचल महिला एसोसिएशन द्वारा देहरादून में आयोजित उमा शक्ति सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए डॉ पॉल ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए बिना देश के विकास की बात सोची भी नहीं जा सकती महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने पर जोर देते हए उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ऐसे कोर्स शुरू किए जाने चाहिए जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी हों राज्यपाल ने महिला जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत भी बताई कार्यक्रम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि समाज को जोड़ने और उसके संरक्षण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है

आज महिलाए हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं श्री सिंह ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करना और बाल लिंगानुपात बढ़ाना जरूरी है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पिथौरागढ़ में महिला दिवस के अवसर जिला मुख्यालय में महिला जागरूकता एवं बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं रैली का आयोजन किया गया रैली को मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया जो नगर के विभिन्न मार्गो से होते हए जिला पचायत सभागार पहुंची इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया उधर चमोली में बेटी बचाओ बेटी पढाओं अभियान के तहत विकासखण्डों में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से बालिका रथ को रवाना किया गया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लोगों को महिलाओं का सम्मान करने बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा देने समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को सहन न करने दहेज और कन्या भ्रण हत्या जैसे बुराईयों को दूर करने की शपथ भी दिलायी तकनीकी विकास राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल ने वैज्ञानिकों से प्रदेश में जैविक खेती में उत्पादकता बढ़ाने और जलस्त्रोतों के रिचार्ज की तकनीक विकसित करने के लिए आगे आने का आहवान किया है

कृषि सुधार पर जोर देते हुए डॉ पॉल ने कहा कि वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक विकसित करें जिससे जैविक खेती में उत्पादकता बढ़े और किसान रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित हों

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के स्थायी विकास के लिए ऊर्जा और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत है समापन समारोह राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल ने कहा है कि योग के साथ ध्यान साधना भी जरूरी है इसका सबसे बडा फायदा मस्तिष्क को नियंत्रित करने में मिलता है इससे एकाग्रता की शक्ति बढती है योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है राज्यपाल ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन समारोह में सम्बोधित कर रहे थे आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ पॉल ने कहा कि योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का पुनरूत्थान हो रहा है आज सभी देशों ने योग के महत्व को स्वीकार किया है

उन्होंने कहा कि ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ते डीए को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने कहा कि पेंशनधारियों को इस वर्ष पहली जनवरी से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा गंगा नदी की सफाई का काम विभिन्न समन्वित कार्यकलापों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है इसमें नगरपालिका के सीवेज का परिशोधन औद्योगिक बहिस्राव का परिशोधन नदी सतह की सफाई ग्रामीण स्वच्छता वनारोपण और जैवविविधता संरक्षण को जनता तक पहुंचना शामिल है

इस शिविर में दिव्यांगों को निःशुल्क जयपुर फूट कैलिपर्स कान की मशीन व्हील चेयर्स ट्राईसाकिल आदि उपलब्ध कराई जाएगी

जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं इस अवसर पर बहुद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया जायेगा इसमें विभिन्न विकास विभाग के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी दंड भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए चार करोड़ रूपये का दंड लगाया है मुंबई से जारी रिजर्व बैंक के एक नोटिस में कहा गया है कि यह कार्रवाई बैंक की दो मुद्रा शाखाओं में दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनियमितताएं पाई गई